उन्होंने इस अवसर पर शहीदों के बलिदान को याद कर पृष्पचक अर्पित किये श्री शाह ने कल अपना कार्यभार संभालने के बाद कहा था कि देश की सुरक्षा और जनता का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा जावेडकर बयान सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे पर कोई निर्णय नहीं लिया है उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने हमेशा सभी भाषाओं को बढावा दिया है और किसी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी सरकार जनता की राय लेने के बाद ही इस मसौदे पर कोई निर्णय लेगी जल अधिकार प्रदेश में लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिये जल अधिकार अधिनियम बनाया जाएगा साथ ही शहरी आवासहीनों को शासकीय भूमि का पट्टा और आवास निर्माण के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल भोपाल में नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये है नगरीय प्रशासन विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह भी इस अवसर पर मौजुद थे सांची द्व भोपाल द्रग्धसंघ ने दूध के दाम में दो रूपये प्रतिलीटर का इजाफा किया है कल से उपभोक्ताओं को बडे हए दाम पर ही सांची दृध मिलेगा

वहीं सांची स्टेण्डर्ड कोन स्मार्ट डबल टोन के दामों में एक एक रूपये का इजाफा किया गया है पटेल पीसी केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें जो दायित्व दिया है उससे संबंधित कार्य समय सीमा में पूरे किये जाएंगे और नई योजनाए जल्द लागू की जाएगी अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद श्री पटेल ने कहा कि जबलपुर के आसपास पर्यटन की असीम संभावनाएं है नर्मदा के कई घाटों का जहां पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाना है वहीं डुमका में वन्य जीवों के लिये सुरक्षित पार्क की भी संभावनाएं मौजूद है इस दिशा में योजना तैयार की जाएगी पेंशन योजना प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिये पेंशन योजना बनायी जाएगी विधि मंत्री पीसीशर्मा ने कल भोपाल में अधिवक्ता कल्याण निधि की बैठक में पेंशन योजना बनाये जाने के निर्देश दिये

रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक कल से सात तारीख के बीच देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा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 वर्ल्ड कप आईसीसी वर्ल्ड किकेट कप में आज दक्षिणी अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा यह मैच लंदन के ओवल में भारतीय समयानुसार अब से कुछ देर बाद दोपहर तीन बजे शुरू होगा बांग्लादेश का पहला और दक्षिण अफ्रीका का यह दूसरा मुकाबला होगा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

वहीं प्रदेश में नौतपा ने लोगों को बेहाल कर दिया है